कोरोना टीकाकरण के लिए झारखंड तैयार राज्य के सभी जिलों में सफलतापूर्वक किया गया पूर्वाभ्यास राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान मिले दो सौ सात नए कोरोना संक्रमित एक सौ अठासी लोग हुए स्वस्थ चिली दौरे के लिए भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की घोषणा झारखंड की तीन खिलाड़ी भी सूची में शामिल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

सोलहवां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आज वर्च्यअल माध्यम से आयोजित होगा यह सम्मेलन सुबह दस बजे शुरू होगा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे प्रारंभिक सत्र के दौरान सुरीनाम के राष्ट्रपति और मुख्य अतिथि चंद्रिका प्रसाद संतोखी प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द सम्मेलन में समापन भाषण देंगे सोलहवें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय है आत्मनिर्भर भारत के लिए योगदान इधर आकाशवाणी दिल्ली से प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के प्रारंभिक सत्र का सीधा प्रसारण किया जाएगा यह प्रसारण सुबह दस बजकर पांच मिनट से एफएम गोल्ड और इन्द्रपस्थ चैनलों पर उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी दिल्ली प्रवासी दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द के समापन भाषण का भी सीधा प्रसारण करेगा इसे आज शाम पांच बजे से इन्हीं चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा कोरोना टीकाकरण को लेकर झारखंड पूरी तरह तैयार है इसमें किसी तरह की कमियां न रहे इसे सुनिश्चित करने के लिए कोरोना टीकाकरण शुरू होने से पहले कल पूरे राज्य में एक साथ इसका पूर्वाभ्यास यानी झाई रन हुआ राज्य के सभी जिलों के सदर अस्पतालों तथा सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में यह पूर्वाभ्यास हुआ इस पूर्वाभ्यास में सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों के हेल्थ केयर वर्कर भी लाभुक के रूप में शामिल हुए सभी चयनित केंद्रों पर हुए इस पूर्वाभ्यास में कोरोना टीकाकरण की सभी प्रक्रियाएं हूबहू पूरी की गईं जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के तहत वास्तविक टीकाकरण के दौरान पूरी की जानी हैं इस दौरान सभी केंद्रों पर पांच पांच वैक्सीनेटर ऑफिसरों के अलावा डब्ल्यूएचओ तथा यूनिसेफ के विशेषज्ञ व जिला प्रशासन के पदाधिकारी मौजूद थे जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले राज्य के छह जिलों रांची पलामू पाकुड़ चतरा सिमडेगा तथा पूर्वी सिंहभूम में चयनति केंद्रों पर दो जनवरी को पूर्वाभ्यास हुआ था इन जिलों में भी कल दोबारा पूर्वाभ्यास किया गया

इसी के साथ राज्य में अबतक मिले कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख सोलह हजार चार सौ छत्तीस पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर कल एक सौ अठासी लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई इसी के साथ राज्यभर में अब तक स्वस्थ होनेवालों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख तेरह हजार नौ सौ अठाइस पहुंच गई है जबकि सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार चार सौ पैसठ रह गई है राज्यभर में कल दो कोरोना संक्रमित की मौत के बाद अब तक मरनेवालों की कुल संख्या बढ़कर एक हजार तैतालीस पहुंच गई है कल मिले नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा एक सौ दो रांची जिले के पॉजिटिव शामिल हैं दामोदर घाटी निगम डीवीसी ने झारखंड बिजली वितरण निगम को स्पष्ट कर दिया है कि बिजली चाहिए तो एडवांस पैसे देने होंगे इसके अलावा बकाया भुगतान की कार्रवाई भी आरंभ कर दी गई है

इसके लिए बैंक को डीवीसी प्रबंधन ने पत्र भेज दिया है डीवीसी के मुख्य अभियंता वाणिज्य मानिक रक्षित के मुताबिक बिजली वितरण निगम ने अब भी बकाए का भुगतान नहीं किया तो उसे ग्रिड से बिजली खींचने से रोका जाएगा डीवीसी ने यह भी कहा है कि जो लोग सीधे उपभोक्ता बनना चाहते हैं वे आवेदन कर सकते हैं

झारखंड की सभी अदालतों में जल्द ही फिजिकल सुनवाई शुरू होगी इसे लेकर हाई कोर्ट की कोर कमेटी और स्टेट बार काउंसिल के प्रतिनिधियों के बीच कल सहमति बन गई है मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर निर्णय हुआ कि दो सप्ताह के अंदर सभी अदालतों में फिजिकल सुनवाई शुरू कर दी जाएगी जहां पर कोरोना के मामले कम हैं वहा पर ज्यादा संख्या में अदालतों में फिजिकल सुनवाई होगी जहां कोरोना संक्रमण ज्यादा है वहां कम संख्या में अदालतें बैठेंगी इधर चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को रिम्स के निदेशक बंगले में शिफ्ट किए जाने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने जेल मैनुअल उल्लंघन से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार कानून से चलती है व्यक्ति विशेष से नहीं सरकार की ओर से कहा गया है कि कई प्रावधानों में स्पष्टता नहीं होने के कारण सरकार अब जेल मैनुअल में बदलाव कर रही है साथ ही एसओपी भी तैयार किया जा रहा है

इस मेले में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तृति भी की जाएगी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल होंगे मेला स्थल पर पेयजल और शौचालय की व्यवस्था भी करायी गयी है केंद्रीय मंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं कोरोना को लेकर शहीद स्मरण मेले में आम लोगों के लिए मास्क की भी व्यवस्था की गई है गोड्डा जिले के ग्रामीण इलाकों में संताली महापर्व सोहराय धूमधाम से पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है सोहराय त्योहार मुख्य रूप से प्रकृति की पूजा है इसमें महिलाओं खासकर बहनों का सम्मान किया जाता है तथा गाय बैलों की पूजा की जाती है इस दौरान धान की नई फसल और पुआल की भी पूजा की जाती है सात दिनों तक चलने वाला है यह पर्व अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तिथियों को मनाया जाता है कोडरमा जिले में जल संकट से निपटने के लिए जन जागरूकता अभियान के साथ कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले टाना भगत कल दोपहर से राजधानी रांची में राजभवन के समक्ष धरने पर बैठ गए ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे देर रात तक टाना भगत डटे रहे टाना भगतों का समूह अपनी मांगों को लेकर अर्हिसक तरीके से मौन प्रदर्शन कर रहा है प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है आंदोलन में राज्य के आठ जिलों से आए टाना भगत शामिल हैं बारहवीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित अलग अलग महाविद्यालयों में स्नातक कक्षा में दाखिले का एक मौका मिल रहा है कालेजों में बीए बीएससी और बीकॉम में नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल से आवेदन किया जा सकता है

साहेबगंज जिले के राधानगर पुलिस के साथ महाराष्ट्र पुलिस ने सोना चोरी मामले में छापेमारी कर दो आरोपी सहित सोना और नकद राशि बरामद की है पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि मुंबई पुलिस द्वारा साहिबगंज पुलिस प्रशासन से चोरी की घटना को लेकर छापामारी के लिए मदद मांगी गई थी

भारतीय टीम वहां इस महीने छह मैच खेलेगी टीम का नेतृत्व डिफेंडर सुमन देवी थॉडम करेंगी जबकि इशिका चौधरी टीम की उप कप्तान होंगी

भारतीय महिला हॉकी जूनियर टीम में झारखंड की तीन खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है तीनों खिलाडियों में सुषमा कमारी संगीता कमारी और ब्यूटी इंगइंग शामिल हैं तीनो हॉकी खिलाड़ी सिमडेगा की रहने वाली है संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग पूर्व में भी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी है जबकि सुषमा कुमारी का चयन भारतीय टीम में पहली बार हुआ है

झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से साक्षात्कार की तिथि की घोषणा कर दी गई है संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा कल निर्मला कालेज के सब सेंटर ए और बी पर आयोजित की गई परीक्षा आज और कल भी होगी रांची जिले के राय बुढ़मू मुख्य पथ पर वाहनों से लूटपाट करनेवाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बुढ़मू थाने की पुलिस ने लुटेरा गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है

अखबारों की सुर्खियां राज्य में प्रकाशित होने वाले प्रमुख दैनिक अखबारों ने कोरोना टीकाकरण के पूर्वाभ्यास की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने अगले क्छ दिनों में दिया जाने लगेगा टीका शीर्षक से खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने लिखा है झारखंड समेत देश के तैतीस राज्यों में हुई टीकाकरण रिईसल लालू प्रसाद के जेल मैन्यूअल उल्लंघन मामले की सुनवाई पर कोर्ट की टिप्पणी की खबर को हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है व्यक्ति विशेष से नहीं चलती सरकार वहीं दैनिक जागरण ने लिखा है सरकार कानून से चलती है या व्यक्ति विशेष से रांची एक्सप्रेस का शीर्षक है लालू मामले में हाई कोर्ट ने जेल प्रबंधन से मांगी एसओपी केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत की खबर को हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है सरकार और किसानों की वार्ता बेनतीजा झारखंड के चतरा में महिला से सामूहिक दुष्कर्म की खबर को अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है